सीएनजी स्टेशन भी चालू

मदरसा नियोजित शिक्षकों के वेतन में होगी वृद्धि और तेज पछ्आ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पीएनजी और सीएनजी परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद पटना में पाईप लाईन के जरिये घरों तक रसोई गैस की आपूर्ति शुरू हो गयी है प्रधानमंत्री ने कल बरौनी में इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया था

गेल के चीफ जनरल मैनेजर पवन शर्मा ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पांच साल में पचास हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया है लेकिन इसे तीन वर्ष में ही पूरा कर लिया जायेगा इधर पटना के बेलीरोड स्थित रूकनपुरा और बाईपास के टॉल प्लाजा के पास सीएनजी स्टेशन भी काम करने लगा है पटना में आयोजित एक समारोह में दानापुर की विधायक आशा देवी ने सीएनजी से चलने वाले पहले ऑटो रिक्शा का कागजात एक महिला लाभार्थी को सौंपा केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह आज बेतिया के कुमारबाग में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के स्टील प्लांट का लोकार्पण करेंगे

प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता पचास हजार टन होगी वर्ष दो हजार सात में तत्कालीन केन्द्रीय इस्पात मंत्री रामविलास पासवान ने इस कारखाने का शिलान्यास किया था

दोनों ही बलों में तैनात जवानों को अभियान के दौरान मूल वेतन का चालीस प्रतिशत और अन्य दिनों में मूल वेतन के बीस प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन भत्ता दिये जायेंगे

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब छात्रों को शिक्षण शुल्क के साथ साथ पाठ्य पुस्तक और आवासन सुविधाओं के लिए भी ऋण मिलेगा शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना के बाद से एक हजार सत्ताईस करोड़ रूपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किये गये हैं इक्कीस फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से दस मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि देर से आने पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों के जूता मोजा पहनकर परीक्षा कोन्द्र में प्रवेश करने पर रोक रहेगी मैट्रिक परीक्षा में सोलह लाख साठ हजारसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे इधर नौवीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन छह मार्च से होगा प्रदेश का दूसरा वेटरनरी कॉलेज किशनगंज के आराबरी में खुलेगा इसके लिए डीपीआर तैयार कर पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को भेज दिया गया है इस पर लगभग दो सौ पचास करोड़ रूपये खर्च होंगे प्रदेशभर में पछ्आ हवा की रफ्तार अठारह किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गयी है पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद उत्तर प्रदेश से तेज हवा बिहार की ओर आ रही है आसमान साफ होने के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है मौसम विभाग के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के बाद तापमान एक बार फिर सामान्य हो जायेगा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवा की बढ़ी हुई रफ्तार ठंड की विदाई की ओर इशारा कर रही है अगले अड़तालीस घंटों में अधिकतम तापमान सत्ताईस से अठाईस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह से अठारह डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की सम्भावना है रोहतास निवासी बीएसएफ जवान नित्यानंद सिंह का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव कोचस प्रखंड के छितौनी में होगा कल उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया जिसे देर रात उनके गांव भेज दिया गया नित्यानंद सिंह की मौत हृदय गति रूकने से उस समय हो गयी थी जब उनकी ड्यूटी पुलवामा के शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को देख रेख में लगायी गयी थी प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए सीआरपीएफ ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिशन ब्रेनवॉश की शुरूआत की है सीआरपीएफ के बिहार झारखंड प्रक्षेत्र की आईजीपी चारू सिन्हा ने बताया कि नक्सल सोच से प्रभावित युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनकी कॉउसिलिंग की जा रही है उन्होंने बताया कि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सीआरपीएफ हर सम्भव सहायता उपलब्ध करा रहा है मूजफ्फरपूर जिले के भगवानपूर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों दस करोड़ रूपये मूल्य के सोने की हुई लूट के मामले में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं लूट की घटना को सात अपराधियों ने अंजाम दिया था जिसमें छह की पहचान हो चुकी है पूर्णियां शहर के भट्ठा बाजार में देर रात अगलगी की घटना में लगभग अस्सी द्कान जलकर नष्ट हो गये इस घटना में लाखों रूपये मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है पटना रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने एक ट्रेन से तीन महिला समेत चार लोगों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है वहीं बक्सर जिले के ब्रहमपुर से पांच शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब और दो हथियार के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तैंतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है पटना मेट्रो का सपना जमीं पर विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित प्रोजेक्ट को पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य दैनिक जागरण ने लिखा है प्रधानमंत्री ने मेट्रो परियोजना की नींव रखी सीएनजी पीएनजी सेवा का किया लोकार्पण पुलवामा हमले पर प्रधानमंत्री के बयान को दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाते हुये लिखा है पीएम बोले जो आग आपके दिलों में लगी है वही आग मेरे भी दिल में अखबार की एक अन्य सुर्खी है पाक परस्त छह अलगाववादियों की सुरक्षा छिनी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है त्राल में रची गयी थी पुलवामा हमले की साजिश प्रभात खबर लिखता है सीवान में सड़क हादसे में सात किशोरों की मौत

सीएनजी स्टेशन भी चालू

मदरसा नियोजित शिक्षकों के वेतन में होगी व्रद्धि और तेज पछ्आ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी